कमलनाथ के साथ करीब दो दर्जन मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही कई प्रमुख नेताओं और दिग्गज कारोबारियों के शामिल होने की उम्मीद है राष्ट्रपति गुजरात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में एक नये अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की आधारशीला रखी इस स्टेशन से बड़ी रेल लाईन के जरिए स्टेच् ऑफ यूनिटी का शेष भारत से संपर्क हो जायेगा

इससे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पर्यटकों के लिये आवागमन और आसान होगा साथ ही उन्हें ज्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी पटेल पुण्यतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा है कि सरदार पटेल के विचार तथा देश की एकता के लिये उनके प्रयास पीड़ियों तक भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे वित्त मंत्री अरूण जेटली और सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोर ने भी सरदार पटेल का स्मरण करते हुए देश को एकीकृत करने में उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया है निर्वाचन नामावली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है

प्रतिभा पर्व प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जारी प्रतिभा पर्व का आज अंतिम दिन है इस दौरान विद्यालयों में वार्षिक उत्सव के लिये शिक्षक और अभिभावकों के उपस्थिति में विशेष बालसभा आयोजित की जा रही है साथ ही सांस्कृतिक खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है विद्यार्थियों के दक्षता आंकलन और शैक्षिणक सुधार के मकसद से आयोजित किये गये इस तीन दिवसीय आयोजन के पहले दो दिनों में विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किया गया

संभाग आयुक्त बीएम शर्मा ने समारोह की तैयारियां को लेकर हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि आयोजन की सभी तैयारियां समारोह की गरिमा के अनुरूप हों उन्होंने बताया कि समारोह की पूर्व संध्या पर हजीरा चौराहे पर उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा जिसमें विख्यात गज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की प्रस्तुति होगी उन्होंने बताया कि इस बार के समारोह में कुल नौ संगीत सभाएं होंगी पहली संगीत सभा तानसेन की समाधी पर आयोजित की जायेगी

मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में जारी बर्फबारी का असर प्रदेश के मौसम पर दिखाई दे रहा है इसके चलते राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में कमी आई है इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में देखा जा रहा है जहां घना कोहरा पड़ने लगा है कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात पर असर पड़ा है वहीं ठंड की वजह से मुरैना जिले के स्कूलों का समय बदल दिया गया है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है

इस दौरान बीमार और नवजात बच्चों की पहचान कर उन्हें एनआरसी केन्द्रों तक ले जाया जायेगा